केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविज़न के क्षेत्र में भारत तथा विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कैथल लौहारू और महम में चुनावी रैलियों को सम्बोधित किया कांग्रेस नेता प्रो सम्पत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम हरियाणा विधानसभा चूनावों की तैयारियों का जायज़ा लेने चंडीगढ़ पहुंच गई है इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहे है इसके बाद वे हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल और स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ च्रनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे मुख्य निर्वाच्न आयुक्त कल स्वीप प्रदर्शनी का उदघाटन भी करेंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत तथा विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता जापनों को मंजूरी दी है इन समझौतों से लोक प्रसारक को नई प्रौद्योगिकी हासिल करने और कड़ी प्रतियोगिताओं से निपटने में नए दृष्टिकोण तथा रणनीति बनाने में मदद मिलेगी समझौते के बाद परस्पर आदान प्रदान और सह उत्पादन के जरिये प्रसारण के लिए सामग्री हासिल की जा सकेगी इससे द्रदर्शन के दर्शकों और आकाशवाणी के श्रोताओं को विभिन्न कार्यक्रमों को देखने और सुनने का अवसर मिलेगा प्रौद्योगिकी ज्ञान के आदान प्रदान तथा मानव संसाधनों की क्षमता और प्रशिक्षण से लोक प्रसारक को उभरती चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी केन्द्र सरकार ने आज अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को दिया गया सरकार का तोहफा बताया आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है

विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोंगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाने के अलावा समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय डाक के सुगमता से आने जाने के ांचे को बनाये रखना है

हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने आज विश्व डाक दिवस पर ये जानकारी दी पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डाक स्प्ताह के दौरान जनता तथा व्यापारिक प्रष्ठिानों से सम्पर्क बना कर उन्हें विभगा की नीतियो से अवगत कराया जायेगा कल स्कूलों के बच्चों को बच्त के प्रतिजागरूक करने के लिए इंडियन पोस्टल पेमेंअ बैंक की विशेषताऔ और सुविधाओं बारे जानकारी दी जायेगी श्रीमती प्रसाद ने बताया कि इस दौरान सभी लंबे दावों के निपटान के विशेष प्रयास किये जायेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि आज विभाग द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया डाक कर्मचारियों की यह रैली मंडल प्रमुख कार्यलय से शुरू हुई और अम्बाला छावनी के विभिन्न मार्गो से होती वापस पहुंची पंचकूला के पूर्व विधायक डी के बंसल की धर्मपत्नी अंजति बंसल व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश देविंगर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये पंचकूला में केन्द्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया व पंचकूला से विधासभा प्रत्याशी व ज्ञान चंद गुप्ता भी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वे अपने अन्भवों से से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे दोनों नेताओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हये है

उन्होंने कहा कि भूपेन्द्र सिंह हडडा कर रहे है कि वे चार मुख्यमंत्री बनायेंगे जबकि कुमारी शैलजा का कहना है कि पार्टी के ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस मौके पर केन्द्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचकूला में बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी

आज सुबह कुरूक्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले करनान शहर में शोभा यात्रा निकाली गई जिसका विभिनन चौराहों पर श्रद्वालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया इस मौके पर शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान रघ्जीत सिंह विर्क संत बाबा राम सिंह सहित कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे श्रद्वालुओं ने गुरू नानक देव जी के सम्बद्व ऐतिहासिक गुरूद्वारा साहिब में माथा टेका कल रात नगर कीर्तन के तरावड़ी पहंचने से पहले सीगड़ा गांव भी नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कैथल लौहारू और महम में चूनावी रैलियों को सम्बोधित किया

लोगों से मुखातिब होते हुये उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी के हर काम का विरोध करने का आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि बांगलादेश बनने पर इंदिरा गांधी की सरकार के समय भारतीय जनत पार्टी के रूख ऐसा नहीं था भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की संसद में प्रंशसा की थी अमित शाह ने रैली मे ही रक्षा मंत्री को रफाल मिलने पर बधाई भी दी और कहा कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्रीमनोहर लाल के नेतृत्व में ब्राियों काम किया है पांच साल में प्रदेश में बहत बड़ा परिवर्तन आया है जातिबाद की राजनीति खत्म हो गई है उनहोंने कहा कि हरियाणा मे नौकरियों का कभी बाज़ार लगता था लेकिन मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार समाप्त् कर आम आदमी के लिए नौकरी पाना संभव किया है उन्होंने अपने भाषण में कल्पना चावला का जिक्र भी किया श्री शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लक्ष्य नारे को सार्थक किया है उन्होंने कहा कि सरकार छोट किसानों द्रकानदारों का भी ख्याल कर रही है हरियाणा के एक लाख किसानों को फायदा पहंचाया गया है लौहारू की रैली में श्री शाह ने एक्सप्रेस वे को मुकम्मल करने के लिए सरकार की प्रंशसा की और कहा कि पांच वर्ष में सड़कों का जाल बिछाया गया है विदेशो में केन्द्र की नीतियों के कारण देश की साख बढ़ रही है

महम में उन्होंने पूरे प्रदेश में समान विकास करवाने के लिए सरकार की प्रंशसा की श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखाई है बालाकोट के बाद द्निया ने भारत की ताकत को समझा है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे कहा कि वे वहीं पढ़ते थे जो कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन्हें दिया जाता था उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में फिर से जीत की कोशिश कर रहे है जबकि भारतीय जनता पार्टी राज्य में दूसरी बार जीतने के लिए लड़ रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्पत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की महम रैली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की इस मौके पर वे भाजपा प्रत्याशी शमशेर खड़करा के साथ रहे श्री सम्पत सिंह ने सात अक्तूबर को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस नेताओं पर सीटों की घेराबंदी और टिकट बेचने का आरोप लगाया था उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडा और कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से टिकट न मिलने के लिए जिम्मेदार ठहराया था उन्होंने कहा था कि कुछ नेताओं ने प्रदेश में पार्टी पर कब्जा कर लिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कई चुनावी रैलियों को सम्बोधित किया कोसली बरेली में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये उन्होंने सरकार की उपलिब्धयों को गिनाया मुख्यमंत्री ने सतलुज यमना लिक नहर के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता दोहाराते हुये कहा कि पहली बार सरकार ने तीन सौ टेलो तक पानी पहुंचाया है